कहा विमानों के मूल्य निर्धारण सहित अन्य मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है

उच्चतम न्यायालय ने रफाल सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर सी बीआई को एफआईआर दायर करने का निर्देश देने की मांग वाली सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अरबों रूपये के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती है पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लड़ाकू विमानों की देश को आवश्यकता है और इनके बिना काम नहीं चलाया जा सकता न्यायालय ने यह भी कहा कि वह सरकार को एक सौ छब्बीस या छत्तीस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीन न्यायाधीशों की ओर से फैसला पढ़कर सुनाया उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कीमत से संबंधित व्यापक ब्यौरों को निपटाना न्यायालय का काम नहीं है फैसले में कहा गया है कि रफाल विमानों की खरीद मूल्य निर्धारण और ऑफसैट भागीदार के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला है केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल सौदे पर निराधार आरोप लगाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को गुमराह किया है इधर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि रफाल पर उच्चतम न्यायालय का फैसला झूठ की राजनीति पर एक थप्पड़ है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मांग की कि लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए

आज सत्य की जीत हुई आजादी के बाद एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह करने का इतना बड़ा प्रयास कभी नहीं हुआ और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है इधर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने रफाल सौदे की जांच वाली याचिका को खारिज कर सरकार के रूख को साबित किया है एक ट्वीट संदेश में श्री राठौड़ ने कहा कि इस सौदे में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं था उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है कांग्रेस ने कहा है कि वह रफाल सौदे में जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग करती रहेगी संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि रफाल सौदे पर उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले को कांग्रेस की नाकामी के रूप में नहीं देखना चाहिए सीबीआई की टीम ने आज बेगूसराय जिले के बरौनी स्थित बरौनी रिफायनरी के प्रशासन और कल्याण पदाधिकारी मलय दास को बीस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अधिकारी एक वाहन अभिकर्ता से भुगतान करने के एवज में रिश्वत ले रहा था इधर पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने औरंगाबाद के तत्कालीन एमवीआई रघुवंश कुंवर को घूसखोरी के एक मामले में दो साल जेल की सजा और दस हजार रूपये का जुर्माना किया है रघुवंश कुंवर को दो हजार आठ में निगरानी की टीम ने पचास हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था वहीं बांका जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास और पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होने चाहिए उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऐसा ही चाहते हैं श्री किशोर ने कहा कि इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है श्री किशोर ने कहा कि पार्टी दो सालों के भीतर एक लाख युवाओं को पार्टी से जोड़ेगी जिनमें से दस से पन्द्रह हजार को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जायेगा नेपाल ने भारत के दो सौ पांच सौ और दो हजार के नये नोटों को प्रतिबंधित कर दिया है नेपाल सरकार के प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बासकोटा ने कहा कि नेपाल में अब सिर्फ सौ रूपये मूल्य के भारतीय नोट ही चलेंगे उन्होंने बताया कि अब दो हजार पांच सौ और दो सौ रुपये के भारतीय नोट को रखना उनके बदले किसी सामान को लेना या भारत से उन्हें नेपाल में लाना गैरकानूनी हो गया है आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी और स्थायी नौकरी समेत अपनी अन्य मांगों के समर्थन में आज विधानमंडल का घेराव किया आशाकर्मियों की मांग है उनका वेतन तीन हजार रूपये से बढ़ाकर अठारह हजार रूपये किया जाये आशा कार्यकर्ताओं के संघ ने कहा है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आंदोलन को और तेज किया जायेगा अंग्रेजी के जाने माने लेखक अमिताभ घोष को इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जायेगा यह निर्णय ज्ञानपीठ चयन बोर्ड की बैठक में लिया गया अपने उपन्यासों में श्री घोष ने इतिहास को आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है उनके मशहूर उपन्यासों में शैडो ऑफ लाइन्स द ग्लॉस पैलेस रिवर ऑफ स्मोक्स और फ्लड ऑफ फायर शामिल हैं श्री घोष को पद्मश्री और साहित्य अकादमी प्रस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ एसूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ किया इन पुरस्कारों के जरिए महिला किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानियों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा महिला किसानों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने चयन किया है इस अवसर पर श्री सूर्यप्रकाश ने कहा कि वास्तविकता पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण डीडी किसान चैनल पर सत्रह दिसंबर से आरंभ किया जाएगा उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम महिला किसानों को एक मंच देगा यह मनोरंजक के साथ ही शैक्षणिक भी होगा बाईट आज हम यहां डी डी किसान के विशेष रियालिटी शो महिला किसान अवार्डस के औपचारिक उद्घाटन के उपलक्ष्य में सम्मिलित हुए सत्रह दिसंबर दो हजार अठारह को आरंभ होने वाला ये कार्यक्रम उन महिला किसानों को गौरवांवित करता है जिनकी चर्चा सदियों से नहीं हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली जमुई जिले के लछुआर को पर्यटन और धार्मिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा श्री कुमार लछुआर में मंगलमय प्रवेश महोत्सव को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस स्थल के पुरातात्विक महत्व को देखते हुए इसे संरक्षित किया जायेगा इधर आज महोत्सव के तीसरे दिन धार्मिक विधि विधान से भगवान महावीर की चौबीस सौ साल पुरानी प्रतिमा की नवनिर्मित मंदिर में पुर्नस्थापना की गयी इधर मुख्यमंत्री ने कटिहार जिले के बरारी प्रखंड के लक्ष्मीपुर में नवनिर्मित गुरू तेग बहादुर जी गुरूद्वारे का आज उद्घाटन किया वे गुरू के तीन सौ तैंतालीसवें शहीदी गुरू पर्व के अवसर पर आयोजित अखंड पाठ और शबद कीर्तन में भी शामिल हुए नालंदा जिले के एकंगरसराय हिलसा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद ड्राईवर ट्रक को लेकर फरार हो गया हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के भरथीपुर गांव से पुलिस ने दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सलियों की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी वहीं रोहतास जिले के डेहरी से पुलिस ने दस अपराधियों को हथियार कई मोबाइल और मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है इधर भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के आनादीपुर गांव के पास राष्ट्रीय उच्च संख्या अस्सी पर पुलिस ने ट्रकों से वसूली करने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है दूसरी ओर गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के कामता प्रसाद सिन्हा कॉलेज के पास से पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को एक पिस्तौल देशी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र के रामनगरा मोड़ के पास से पुलिस ने ट्रक पर लदी दस लाख रूपये मूल्य की एक सौ पचास कार्टन शराब बरामद की है वहीं शेखपुरा जिले के भदोसी गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने एक शराब भट्ठी को ध्वस्त कर भारी मात्रा में जब्त किये गये निर्मित अर्द्वनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया है बेगूसराय जिले के बरौनी खेल गांव मैदान में आज से इकतालीसवीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई पहले दिन खेले गये मैच में बालक वर्ग में समस्तीपुर की टीम ने सुपौल को शिवहर ने दरभंगा को भागलपुर ने पश्चिम चंपारण को मुंगेर ने मधेपुरा को वैशाली ने नवगछिया को और नालंदा की टीम ने कटिहार को पराजित कर दिया वहीं बालिका वर्ग में वैशाली की टीम ने गोपालगंज को पराजित कर दिया है

कहा विमानों के मूल्य निर्धारण सहित अन्य मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है